चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेन्द्र मोदी को कथित आचार संहिता उल्लंघन के मामले में क्लिन चिट दी वरिष्ठ न्यायाधीश एस रविन्द्र भट्ट राजस्थान के नये मुख्य न्यायाधीश नियुक्त केन्द्र ने जारी की अधिसूचना

भाजपा कांग्रेस और अन्य पार्टियों सहित निर्दलीय प्रत्याषियों ने भी चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है इसी कडी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे इसके लिए भाजपा की ओर से व्यापक तैयारियां की जा रही है

प्रधानमंत्री की सभा में पहुंचने के लिये लोगों से घर घर संपर्क किया जा रहा है श्री मोदी तीन मई को बीकानेर में भी पार्टी प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल के समर्थन में चुनावी रैली करेंगे उधर कल भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह और उत्तरप्रदेष के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विभिन्न संसदीय क्षेत्रों में पार्टी प्रत्याशी के लिये प्रचार करेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का कल जयपुर के चौनूं में और तीन मई को भरतपुर में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं करने का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आज पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में कई जगह प्रचार करेंगे वहीं उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज सीकर जिले के पाटन झुंझुनूं के खेतड़ी तथा दौसा संसदीय क्षेत्र के महआ में चुनावी सभाएं करेंगे

श्री शाह ने दौसा में भाजपा प्रत्याषी जसकौर मीणा के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले पांच साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देष को सुरक्षित करने का सबसे बडा काम किया है अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार और वसुंधरा सरकार के कार्यकाल में राजस्थान में विकास के कई काम हुए है सभा में भाजपा नेता किरोड़ी सिंह बैंसला और किरोड़ी लाल मीणा भी मौजूद रहे दौसा के बाद श्री शाह ने अलवर और भरतपुर में भी भाजपा प्रत्याषियों के समर्थन में रैलियां कीं

उधर जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कर्नल राज्यवर्द्वन सिंह राठौड ने बानसूर में जनसंपर्क और रोड शो किया इस दौरान उन्होने लोगो से जयपुर में आज होने वाली प्रधानमंत्री की सभा में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आहवान किया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल बांदीकुई उदयपुरवाटी और श्रीमाधोपुर में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभाएं कीं झुंझुनू के उदयपुरवाटी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी सरकार द्वारा पिछले चार माह में किए कामों को गिनाया

उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी कल दौसा संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी सविता मीणा के पक्ष में वोट मांगे

आयोग ने कहा कि महाराष्ट्र के वर्धा में एक अप्रैल को हुई चुनावी रैली में श्री मोदी के भाषण में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ इस रैली में श्री मोदी ने वायनाड से चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा था श्री मोदी ने एक अप्रैल को वर्धा में दिये अपने भाषण में कहा था कि श्री गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं जहां बहुसंख्यक कम हैं पार्टी को बहुसंख्यक लोकसभा क्षेत्र से अल्पसंख्यक लोकसभा क्षेत्र की ओर भागना पड़ा कांग्रेस ने इस संबंध में चुनाव आयोग में शिकायत की थी

इससे पहले कल नामांकन पत्रों की जांच की गई

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनके नाम की सिफारिश की थी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के बाद कल केन्द्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी एस रविन्द्र भट्ट दिल्ली हाईकोर्ट में वरिष्ठ न्यायाधीश के पद पर कार्यरत है

उसे पांच लाख रूपये पीडिता को भी देने होंगे अदालत ने तीन अन्य आरोपियों और आसाराम के अनुयायी दो महिलाओं सहित तीन लोगों को दस दस साल की कैद और पांच पांच हजार रूपये के जुर्माने की सजा भी सुनाई है

ये रिश्वत होटल में शराब बिकी करने और उस पर कोई कार्यवाही नहीं करने की एवज में मांगी गई थी

इस अवसर पर प्रदेशभर में विभिन्न संगठनों की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है राज्यपाल कल्याण सिंह ने श्रमिक दिवस पर सभी श्रमिकों को शुभकामनाएं दी है इस मौके पर श्रम आयुक्त नवीन जैन ने राज्य के सभी औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानो के नियोजको से तथा सभी सार्वजनिक उपक्रमो के प्रबन्धकों से आज सवैतनिक अवकाश घोषित करने को कहा है राजसमंद के भीम में आज मजदूर किसान शक्ति संगठन की ओर से मेले का आयोजन किया जा रहा है मेले में मजदूरों के हक और हितों पर चर्चा की जायेगी गौरतलब है कि परम्परा के अनुसार श्रमिकों के द्वारा हर साल एक मई को सद्भावना और हर्षोल्लास के साथ श्रमिक दिवस मनाया जाता है इस दिवस को अधिक से अधिक श्रमिक अपने साथियों और परिजनों के साथ मनाते है

जोधप्र सहित कई जगह तेज धूल भरी हवा चलने से तापमान में गिरावट आई लेकिन गर्मी से कोई खास राहत नहीं मिल सकी

मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में धूल भरी हवा चलने के साथ बादलों की आवाजाही से कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी का पूर्वानुमान जताया है राजधानी जयपुर में भी इस मौसम का कल सबसे गर्म दिन रहा